कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने

दो सीएमएचओ को नोटिस

मोदी भूटान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भूटान और भारत पारम्परिक क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए स्कूल से लेकर अंतरिक्ष तक और डिजिटल भुगतान से लेकर आपदा प्रबंधन तक के नये क्षेत्रों में व्यापक सहयोग करना चाहते हैं आज भूटान के थिम्फू में रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक अरब तीस करोड़ भारतीय लोग भूटान को उसके भावी प्रयासों और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए तैयार हैं उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि अपना उपग्रह छोड़ने के लिए भूटान के वैज्ञानिक उपग्रह की रूपरेखा तैयार करने के प्रयोजन से भारत आने वाले हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और भूटान के इतिहास संस्कृति और आध्यात्मिक परम्पराओं के कारण दोनों देशों के बीच अनूठे और गहरे संबंध हैं और इनके कारण ही भारत और भूटान के संबंधों में इतनी घनिष्ठता है राजनाथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान से जब भी बातचीत होगी तो भारत कश्मीर के उन हिस्सों पर बात करेगा जिन पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है हरियाणा में आज एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देने और पैदा करने का काम अपनी धरती से समाप्त नहीं करता है तब तक उससे बातचीत करने का कोई कारण नहीं है अजाक्स मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि आज देश में अगर सभी वर्गों को समान रूप से न्याय मिल रहा है तो उसका श्रेय बाबा साहेब अंबेडकर को जाता है भोपाल में अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स के प्रांतीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुसार ही प्रदेश में शासन प्रशासन चलेगा उन्होंने कहा कि आज देश विभिन्नताओं के बावजूद एक झण्डे के नीचे खड़ा है तो यह न्याय की ही ताकत है श्री नाथ ने अजाक्स द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र के बारे में कहा कि दिसंबर के बाद प्रदेश की सरकार को काम करने के लिए मात्र पांच माह का समय मिला है लेकिन आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रदेश में न्याय की सरकार है और इस नाते अजाक्स के लोगों के साथ भी न्याय होगा इस मौके पर प्रदेश के कई मंत्री भी मौजूद थे

आज स्वास्थ्य मंत्रीश्री सिलावट ने चौइथराम अस्पताल पहंचकर इलाज करा रहे पीड़ितों से मुलाकात की और उनसे स्वास्थ्य की जानकारी ली इसी दौरान शंकर नेत्रालय चेन्नई से आये नेत्र विशेषज्ञ डाक्टर राजू रमन ने मरीजों का परीक्षण किया स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रारंभिक जांच में राष्ट्रीय अंधत्व निवारण समिति के जिला कार्यक्रम अधिकारी डाक्टर टी एस होरा को निलंबित करने के निर्देश दिये गये हैं इस पूरे मामले की गहराई से जांच कराई जा रही है रिपोर्ट आने पर आगे की कार्यवाही की जायेगी

दुर्घटना गुना जिले के म्याना थानांतर्गत नेशनल हाईवे पर आज एक कार दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गये सभी घायलो को इलाज के लिये जिला चिकित्सालय भेजा गया है बताया गया है कि मुंबई के निवासी कार में सवार छह लोग ग्वालियर से मुंबई जा रहे थे मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सो में बारिश का दौर जारी है इंदौर उज्जैन और चंबल संभागों के कुछ जिलों में तेज बारिश हुई है

स्थिति को देखते हुए आज भिण्ड के जिला कलेक्टर ने ग्राम मुकुटपुरा का जायजा लिया उन्होंने बचाव टीम को इलाके में सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं हमारे मुरैना संवाददाता ने बताया कि चंबल का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है जिले के तटीय गांवों से भी पानी तेज गति से उतर रहा है जिला और पुलिस प्रशासन डूब वाले गांव पर लगातार नजर रखे हुए हैं वहीं बड़ोना गांव में बुखार खांसी और जुकाम से सौ से अधिक लोग प्रभावित हैं इनके इलाज के लिए सुमावली और जौरा से चिकित्सा दल भेजा गया है वहीं बड़वानी धार और दतिया जिले में स्थिति नियंत्रण में है जिला प्रशासन ने तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है

सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया है